मोदी ट्रंप मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्डं ट्रम्प के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्चस्तरीय बैठक हुई बैठक में व्यापार निवेश रक्षा और सुरक्षा आतंकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया भारत और अमरीका ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं इनमें मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन मोबिल तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने भारत अमरीका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है श्री मोदी ने कहा है कि चौबीस रोमियो हैलीकॉप्टरों की खरीद को भी अंतिम रूप दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्केरी को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमरीका ने आतंकवाद के समर्थकों को भी आतंकवाद का दोषी ठहराने के प्रयास तेज करने का फैसला किया है प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में कहा कि वे अहमदाबाद में हुए भव्य स्वागत से बहुत सम्मानित अनुभव कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वे भारत अमरीका के संबंधों को नई ऊंचाइयो पर ले जायेंगे श्री मोदी ने अमरीका में व्यस्तता के बावजूद भारत यात्रा पर आने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया श्री ट्रम्प और श्रीमती मिलानिया ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए

उन्होंने समय पर गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना सीमान्त क्षेत्रों के साथ ही कुम्भ के मद्देनजर हरिद्वार में भण्डारण क्षमता बढ़ाये जाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान सभी सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर आपसी समन्वय से कार्य योजना बनाने को कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर देहरादून स्थित संचिवालय में केंद्र सरकार द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत दिल्ली सहारनपुर देहरादून सड़क परियोजना इकोनोमिक कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्तुतीकरण किया गया

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने परियोजना निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों की समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए

इस अवसर पर आज सुबह प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह स्मारक देश की सेवा में कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को श्रद्वांजलि है उन्होंने कहा कि देश हमेशा इन शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा

स्वच्छता संवाद बागेश्वर जिले के गरूड़ में स्कूली बच्चों ने ग्वाड़ पजेड़ा गांव के ग्रामीणों से स्वच्छता के संबंध में संवाद किया बच्चों ने ग्रामीणों को प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी बच्चों ने गांव से प्लास्टिक कचरा भी एकत्र किया और उसका निस्तारण किया इस मौके पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक पेश कर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया साथ ही स्वरचित कहानियां कविता आत्मकथा निबंध आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों से स्वच्छता के लिए आगे आने की अपील की बच्चों ने गांधी विचार फोटो प्रदर्शनी लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया कोरोना चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड से लगे नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है नेपाल से भारत आने वालों के साथ ही अब भारत से नेपाल जाने वालों की भी गहनता से जांच की जा रही है भारतीय डाक्टर लागातार कैंप में डटे हुए हैं नेपाल से जो भी नागरिक भारत आ रहे हैं उनको बगैर जांच के नहीं आने दिया जा रहा है कम्यूनिटी हेत्थ अधिकारी संजय समंत का कहना है कि जिन लोगों में कोरोना से मिलत जुलते लक्ष्ण पाए जा रहे हैं उनको नेपाल सीमा से ही वापस भेज दिया जा रहा है

आने जाने वालों को स्केनिंग के बाद ही आने जाने दिया जाता है मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है चमोली जिले में दोपहर बाद निचले इलाकों मे हल्की बारिश हुई जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों बदरीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी रूपकुंड रुद्रनाथ और बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी हुई बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई बागेश्वर जिले में भी कई जगहों पर बारिश हुई जबकि पिंडर घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी की खबर है

राज्यपाल ने पचास से अधिक बार रक्तदान करने वाले लोगों को विशेष बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान को महाअभियान बनाने में छात्र छात्राओं और युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं को समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी राज्यपाल ने कहा कि एक यूनिट रक्त से तीन व्यक्तियों के जीवन को बचाया जा सकता है उन्होंने रक्तदान के प्रति फैले भ्रमों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहा है

एन आई एच रूड़की के निदेशक डॉ शरद के जैन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लिया जाता है क्योंकि इसका मानव जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उन्होंने कहा का मुख्य चुनौतियों और जोखिम से संबंधित विचार विमर्श करने के दौरान अनुकूलन रणनीतियों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है वहीं आईआईटी रूड़की के निदेशक अजीत के चतुर्वेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं की पहचान की जाएगी कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा रेजुवनेशन के सचिव उपेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि होंगे